आपदा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की आपदा की बेहतर जानकारी के लिए तहसील स्तर तक ड्रोन कैमरा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश प्रशासनिक विभागों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए ई आंकलन पोर्टल शुरू

प्रेस वार्ता केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ड्राइविंग लाईसेंस को आधार से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है ताकि द्र्घटना की स्थिति में वाहन चालक को आसानी से पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हए उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम में जल्द ही वाई फाई सेवा शुरू की जाएगी इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं डॉ प्रसाद ने बताया कि देहरादून में लॉ स्कूल खोलने का प्रस्ताव है केंद्र सरकार की चार साल की उपलब्धियों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है उन्होंने बताया कि डिजिटलीकरण से काम काज में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकृश लगाने में मदद मिली है

वीडियो कांफ्रेंसिंग आपदा की स्थिति की बेहतर जानकारी के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने तहसील स्तर तक ड्रोन कैमरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही अधिकारियों को आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण और आपदा के समय बेहतर संपर्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं देहरादून से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ आपदा से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय उपयोग होने वाले आवश्यक उपकरण खरीद लिए जाए उन्होंने आपदा के समय किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां रखने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आपदा की स्थिति में सेना की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा राज्यपाल राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल ने कहा है कि प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है प्रदेश के युवा बेहद प्रतिभाशाली हैं और उन्हें सुनियोजित मार्गदर्शन देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि युवाओं को विदेशी भाषाओं साइबर सुरक्षा कम्प्यूटर विज्ञान योगा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है राज्यपाल दून विश्वविद्यालय की कोर्ट मीटिंग में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गावों को गोद लेने की योजना का नियमित अनुश्रवण करने की जरूरत है डॉ पॉल ने कहा कि दून विश्वविद्यालय को क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करते हुए समय की मांग के अनुसार रोजगारपरक कोर्सेस पर ध्यान देना होगा उन्होंने साइबर सुरक्षा और विदेशी भाषाओं में भी इस तरह के कोर्स डिजाइन किए जाने पर जोर दिया राज्यपाल ने इस अवसर पर दून विश्वविद्यालय और उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के ई संसाधनों को कनैक्ट करते हुए राज्य लाईब्रेरी रिसोर्स फैसिलिटी का भी शुभारंभ किया गया इस फैसिलिटी का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि जल्द ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय इससे जुड़ जायेंगे उन्होंने कहा कि इस सुविधा से विद्यार्थियों शोधार्थियों और शिक्षक समुदाय को लाभ होगा उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी पनबिजली संयत्रों के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं न्यायालय ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के मलबे का निपटान करने के लिए आठ सप्ताह के भीतर स्थल तय करने के भी निर्देश दिए हैं न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायूर्ति लोकपाल सिंह की पीठ ने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण उनपर बोझ डालने जैसा है न्यायालय ने हिमाद्री जन कल्याण संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए इसमें आरोप लगाया गया था कि जल विद्युत परियोजनाओं का मलबा नदियों के पास डाला जा रहा है

युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के गुर सीखे इस दौरान दोनों देशों के सैनिको ने पर्वतीय क्षेत्रो में आतंकवाद से निपटने की संयुक्त रणनीति के तहत अभ्यास किया दोनों सेनाओ के जवानों ने इस दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान करने के गुर भी सीखे युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सैन्य ट्कडियों के सैनिकों ने अन्य मैत्रीपूर्ण गतिविधियों में भी भाग लिया जिसमें फटबॉल बॉस्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे ई आंकलन प्रशासनिक विभागों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी समय से प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में ई आंकलन पोर्टल लांच किया इस पोर्टल की मदद से जिला योजना राज्य सेक्टर केन्द्र पोषित और बाहय सहायतित योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति की सूचना ऑन लाइन प्राप्त हो सकेगी इसके माध्यम से विकास कार्यों से सबंधित योजनाओं की भी जनपदवार विभागवार और योजनावार मॉनटरिंग की जा सकेगी मुख्यमंत्री ने पोर्टल पर विकास कार्यों के फोटोग्राफ अपलोड़ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं इस ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की न केवल वित्तीय प्रगति बल्कि भौतिक प्रगति की जानकारी भी मिल सकेगी साफ्टवेयर को सभी आहरण वितरण अधिकारियों के साथ लिंक किया गया है पोर्टल की मदद से हर महीने कोषागार से आहरित धनराशि की जानकारी मिल सकेगी जिससे कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक विभागों की वित्तीय स्वीकृति व व्यय प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित करके विकास योजनाओं की लगातार निगरानी की जा सकेगी भीड़ नैनीताल के अधिकारियों ने निजी वाहनों में आ रहे लोगों से आग्रह किया है कि वे अपनी गाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर छोड़कर हीं शहर में प्रवेश करें शहर में विभिन्न स्थानों पर इस संबंध में बैनर भी लगाए गए हैं हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शहर में यातायात की व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देरिंगत किया था नैनीताल के यातायात पुलिस प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि ये बैनर कल लगाए गए क्योंकि अधिकारियों को यातायात नियंत्रित करने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था

उन्होंने बताया कि पर्यटकों के वाहनों को शहर के बाहरी इलाकों कालाडुंगी नारायण नगर रूसी बायपास के पास अस्थायी तौर पर रोका जा रहा है अब संक्षिप्त समाचार मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की तैयारियों के बारे में केंद्रीय संस्थाओं और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की उन्होंने आहवान किया कि केंद्रीय संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में योग दिवस में भाग लें बागेश्वर के गरूड़ तहसील के हरीनगरी गांव में गुलदार ने कल रात एक बच्चे को मार ड़ाला

पीड़ित परिवार को पचास हजार रूपये की नकद सहायता राशि दी गई है और गुलदार को मारने के आदे जारी कर दिए गए हैं बदरीनाथ में द न करने वाले श्रद्वालुओं की संख्या में वृद्धि जारी है प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी तक छह लाख से ज्याद तीर्थयात्रियों ने बदरीनाथ धाम के दान किए हैं वायु सेना की मध्य कमान ने राज्य सरकार से मुन्स्यारी के पास फायरिंग रेंज की अनुमति देने का अनुरोध किया है इस क्षेत्र में हवा से जमीन पर गोलीबारी का अभ्यास किया जाएगा स्थानीय प्र ाासनिक अधिकारियों के साथ फायरिंग रेंज के लिए संयुक्त सर्वे कर लिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए पहले प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और आवश्यक परीक्षण करवाकर ही राज्य सरकार अभ्यास की अनुमति देगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मानसून के दौरान सभी जिलों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया करने के निर्दे